शीर्ष न्यायालय ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के आदेश दिये प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई

उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में सीबीआई जांच को वैध ठहराया है शीर्ष न्यायालय ने मुम्बई प्रलिस को आदेश दिया है कि वह इस मामले से संबंधित सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंप दे न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया न्यायालय ने सीबीआई को ये निर्देश भी दिया कि वह सुशांत सिंह की मृत्यु के संबंध में भविष्य में दर्ज होने वाले किसी अन्य मामले की भी जांच करे शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह सीबीआई की जांच में सहायता करे उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि इस मामले में बिहार में दर्ज की गई प्राथमिकी वैध है गौरतलब है कि तीस जुलाई को रिया चक्रवर्ती उच्चतम न्यायालय पहुंची थीं और उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी इधर अदालत का निर्णय आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ अपील की मांग की लेकिन अदालत ने इस पर विचार करने से इन्कार कर दिया उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का दिवंगत अभिनेता के परिजनों ने स्वागत किया है इधर न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अभिनेता के परिजनों को जल्द न्याय मिलेगा उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे लेकिन राज्य सरकार शुरू से मान रही थी कि इसका संबंध न्याय से है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इससे सच सामने आयेगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी वहीं बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि न्यायालय ने इस बात को माना है कि बिहार पुलिस की जांच सही दिशा में थी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है राज्य में सोलह जिलों में बयासी लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं इन जिलों में तेरह सौ सत्रह पंचायत बाढ़ से प्रभावित है गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज और सारण जिले में बाढ़ का संकट और गहरा गया है सारण जिले में सोनपुर प्रखंड में गंडक नदी के दबाव से एक स्थानीय बांध के टूट जाने से बरबट्टा और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है मढ़ौरा भावलपुर सड़क मार्ग पर तीन फुट तक पानी बह रहा है मढ़ौरा पटना स्टेट हाईवे संख्या तिहत्तर पर नौतन और जु़घौली गांव के पास पानी का दबाव बना हुआ है वहीं वाया नदी का पानी मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में कई नये इलाकों में प्रवेश कर गया है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सकरा मुरौल पारू साहेबगंज में बड़े पैमाने पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं गंगा नदी में उफान के कारण खगड़िया जिले में गोगरी और परबत्ता प्रखंड में अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है मुंगेर जिले में भी गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है वहीं दरभंगा जिले में नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की रिथति में सुधार हो रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि पानी घटने के बाद अपने घरवार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लिये लोग माल मवेशियों के साथ घर लौटने लगे हैं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त घरों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है बागमती और अधवारा समूह की नदियां अब भी कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बनी हुई हैं इधर समस्तीपुर जिले में बागमती और ब्रूढ़ी गंडक में उफान के कारण छब्बीस से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने कल्याणपुर में बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की मंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों तक मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं इधर मध्य प्रदेश के वाण सागर बांध से एक लाख पचासी हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे सोन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका है जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज हंस ने बताया कि इसे देखते हुए रोहतास अरवल और पटना के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है श्री हंस ने बताया कि वाण सागर से छोड़े गये पानी के बिहार पहुंचने में पांच दिन का समय लग सकता है गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर पटना मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान से दस सेंटीमीटर जबकि हाथीदह में तीस सेंटीमीटर ऊपर रिकार्ड किया गया भागलपुर जिले के कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है सोन नदी के जलस्तर में भी भोजपुर के कोईलवर और पटना के मनेर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से सैंतीस सेंटीमीटर ऊपर चला गया है गंडक बूढ़ी गंडक बागमती अधवारा समूह कमला बलान महानंदा और परमान नदी का जलस्तर ज्यादातर स्थानों पर स्थिर बना हुआ है या इसमें कमी देखी जा रही है कटिहार जिले में गंगा कोसी कारीकोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है इससे जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र में शिवगंज के पास सुरक्षा बांध में तेज कटाव हो रहा है सुरक्षा बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगा है बांध को क्षति होने से कदवा प्राणपुर बलरामपुर और आजमनगर में भारी तबाही मचने की आशंका है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मॉसनून की सक्रियता कम हो गयी है मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिम इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार आठ सौ चौरासी नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बारह हजार सात सौ उनसठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक चार सौ बाईस मामले पटना जिले से सामने आये हैं पूर्वी चंपारण से एक सौ इक्यासी मुजफ्फरपुर से एक सौ तिहत्तर रोहतास से एक सौ अठारह मध्रबनी से एक सौ पंद्रह सीतामढ़ी से एक सौ तेरह सहरसा से एक सौ आठ पूर्णिया से एक सौ चार और बेगूसराय से एक सौ तीन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही सारण से अंठानवे कटिहार से छियासी गया से अठहत्तर नालंदा और अररिया से चौहत्तर चौहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इकतीस हजार चार सौ साठ संक्रमितों का इलाज चल रहा है इस महामारी से राज्य में अब तक पांच सौ सड़सठ लोगों की मृत्यु हुई है इधर स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर पचहत्तर प्रतिशत हो गयी है अब तक चौरासी हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं पटना जिले में कोविड संक्रमण मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिले में अब तक सत्रह हजार पांच सौ इकतीस लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं जबकि चौदह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं एक सौ चौदह लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है आईसीएमआर के निर्देश पर राज्य के छह जिलों मधुबनी पूर्णिया बेगूसराय बक्सर मुजफ्फरपुर और अरवल में सीरो सर्वे का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है इसके तहत जिलों के विभिन्न प्रखंडों में आरएमआरआई पटना की टीम जाकर लोगों में कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकसित होने का आकलन कर रही है इस सर्वे से सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण के फैलाव का आकलन करने में मदद मिलेगी गौरतलब है कि सत्रह से बीस मई तक कराये गये पिछले सीरो सर्वे मे राज्य में कोरोना के विरूद्ध शून्य दशमलव सात फीसदी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का पता चला था पीएम केयर्स फंड से डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया बिहटा का कोविड अस्पताल तेईस अगस्त को चालू हो जायेगा सांसद रामकृपाल यादव ने आज बिहटा के कर्मचारी भविष्य निधि बीमा निगम ईएसआईसी अस्पताल का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी इस अस्पताल में तीन सौ पचहत्तर बेड हैं इसके अलावा आईसीयू में एक सौ पच्चीस बेड को वेंटिलेटर की सुविधा से लैस किया गया मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में लोग सामुदायिक शौचालय का उचित प्रबंधन और देखरेख करते हुए सुचारू संचालन कर रहे हैं पैंतालीस लोग इसका उपयोग करते हैं और खुद से इसकी साफ सफाई का खर्च उठाते हैं कल स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार बीस के परिणामों की घोषणा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन परिवार के सदस्यों से संवाद करेंगे बिहार सरकार जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमले में शहीद हुए राज्य निवासी सीआरपीएफ के दो जवानों के निकटतम आश्रितों को छत्तीस छत्तीस लाख रूपये की सहायता राशि देगी इसके अलावा एक एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जायेगी राज्य सरकार की ओर से ग्यारह ग्यारह लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि और मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस पच्चीस लाख रूपये की मदद दी जायेगी इधर शहीद जवान ख़ुर्शीद खान को रोहतास जिले में उनके पैतुक गांव घोसिया कलां स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया वहीं जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत अईरा गांव निवासी शहीद जवान लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इस दौरान विधायक स्थानीय अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे चुनाव आयोग ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को आवंटित चुनाव चिन्ह टेलीफोन की मान्यता समाप्त कर दी है आयोग ने दो हजार पंद्रह के विधानसभा चुनाव में पार्टी को चार प्रतिशत से कम वोट मिलने और विधानसभा में दो सीटों की अनिवार्यता की शर्त पूरी नहीं करने के कारण चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया है जानकारी के अनुसार पार्टी ने अब कप प्लेट चुनाव चिन्ह के लिये आवेदन किया है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पहली पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी

शीर्ष न्यायालय ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के आदेश दिये प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई